मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं से चौपाल क्षेत्र के लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेब सीजन के लिए परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था की है और फल उत्पादकों को सेब की पैकिंग और इसे विभिन्न मंडियों तक पहुंचाने के लिए कार्टन बॉक्स व ट्रे उपलब्ध करवाए गए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं लेकिन स्थिति नियंत्रण में है

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और विधायक बलवीर वर्मा ने भी वीडियो कांफ्रेंस में भाग लिया प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रेंड फिनाले को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करेंगे इस अवसर पर वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे और विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे

शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है

स्मार्ट इंडिया हैकाथन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए मंच प्रदान करता है अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण प्रे विश्व में संकट पैदा हुआ है और आज नए विचार व नई सोच के साथ कार्य करना होगा हमीरपुर जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की अनुराग ठाक्र ने अधिकारियों को सभी विकास योजनाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए

केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न रोगों के उपचार में लक्ष्य तय कर कार्य करने को कहा उन्होंने टीबी उन्मूलन में देशभर में दूसरा स्थान हासिल करने पर हमीरपुर ज़िले को बधाई दी

शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार व संगठन के बीच तालमेल से भाजपा को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे सुरेश कश्यप ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है

सुरेश कश्यप का कहना था कि प्रदेश भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है और पार्टी हाईकमान के निर्देश पर ही निर्णय लिए जाते हैं कुलदीप राठौर इस बीच प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर चिंता जताई है पार्टी अध्यक्ष कलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सचिवालय भी कोरोना से अछता नहीं है और सचिवालय के कर्मचारियों को कोरोना से बचने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि पार्टी सचिवालय कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करती है और राज्य सरकार को इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लघंन का आरोप भी लगाया कोरोना अपडेट हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अढ़ाई हजार से पार पहुंच गई है हालांकि प्रदेश में आज अभी तक एक ही मामला सामने आया है चंबा में आज सुबह एक सेना का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है